नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा ने बताया कि छिट पुट घटनाओं को छोड़कर इस चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा बड़ी संख्या में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस बार पिछले तीन चरणों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बदलने की घटना बहुत कम रही चुनाव प्रचार प्रदेश में लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी किरण अहिरवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे वे दमोह और पन्ना में भी रैलियों को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मुरैना लोकसभा सीट में प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज टीकमगढ़ सीट पर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल होशंगाबाद जिले इटारसी में जनसभा को संबोधित करेंगे श्री मोदी अगले सप्ताह भी प्रदेश के दौरे पर आयेंगे

इस सभा में ग्वालियर से भाजपा उम्मीद्वार विवेक शेजवलकर मुरैना के प्रत्याशी नरेन्द्र सिंह तोमर और भिंड की प्रत्याशी संध्या राय जाटव मौजूद रहेंगी इससे पहले कल भी प्रदेश में स्टार प्रचारकों द्वारा रैलियों और जनसभाओं को संबोधित किया गया भाजपा की ओर से केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल सागर दमोह भिण्ड लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया वहीं कांग्रेस के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने बैतूल में वोट मांगे चुनाव आयोग बैठक वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर विचार के लिए निर्वाचन आयोग की आज नई दिल्ली में बैठक होगी निर्वाचन उपायुक्त चंद्र भूषण कुमार ने कल शाम दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी उन से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आचार संहिता के कथित उल्लंघन की शिकायतों के बारे में पूछा गया था इस बैठक में निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बारे में भी आज विचार विमर्श करेगा राज्य के संबंधित अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ष महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस ले लिया था गठबंधन सरकार टूटने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है

नामांकन पत्रों की जांच आज की जायेगी वहीं दो मई तक नाम वापस लिये जा सकते हैं

इनमें प्रमुख रूप से भाजपा प्रत्याशी नंदकुमार सिंह चौहान कांग्रेस से अरूण यादव बसपा प्रत्याशी दयाराम प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल है इन्दौर में भाजपा प्रत्याशी शंकर ललवानी और कांग्रेस के पंकज संघवी ने भी कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस दौरान दोनो पार्टियों के वरिष्ठ नेता मौजूद थे

गर्मी सूर्य की किरणें धरती पर लम्बवत् पड़ने कोई वैदर सिस्टम नहीं होने के साथ साथ हवाओं का रुख पश्चिमी होने के कारण देश के साथ साथ प्रदेश में भी भीषण गर्मी पड़ रही है कल खरगोन जिला सर्वाधिक गर्म रहा

जिले में दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है

मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश में अभी गर्मी का दौर जारी रहेगा प्रदेश के किसी भी स्थान पर प्री मानसून बारिश होने की संभावना नहीं है मौसम विभाग ने सागर जबलपुर उज्जैन इन्दौर और होशंगाबाद चंबल संभागों में लू चलने की चेतावनी दी गई है

इस जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद के प्ले ऑफ दौर में पहुंचने की संभावना मजबूत हो गई है

आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से रात आठ बजे बंगलुरु में होगा

इसी क्रम में आज सद्भावना रैली आयोजित की जायेगी

निर्धारित प्रारूप में आवेदन राज्य एवे जिला स्तर पर प्राप्त किए जाएंगे

कल उन्होंने कांग्रेस उम्मीद्वार ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की